करौली जिले में टीकाकरण के मौजूदा चरण में आज उपखण्ड मुख्यालयों पर टीके लगाए जा रहे हैं

उदयपुर में पंचायती राज के लाभार्थियों को वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक दी जा रही है

झालावाड़ जिले की कालीसिंध ताप बिजली परियोजना की छह छह सौ मेगावाट की दोनों इकाइयों में उत्पादन ठप हो गया है पहली इकाई रविवार और दूसरी इकाई कल शाम को ट्यूब में रिसाव के कारण बंद कर दी गई थर्मल के मुख्य अभियंता से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो तीन दिनों में विद्युत उत्पादन शुरू करने के लिए प्रयास जारी हैं उद्योग विभाग ने राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति का प्रारूप जारी कर दिया है विभाग ने इस पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में विलुप्त होती हस्तकलाओं के लिए हस्तशिल्प नीति संजीवनी का काम करेगी इससे हस्तशिल्प से जुड़े लोग सशक्त होंगे और उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे जयपुर में आज से सरस राष्ट्रीय काफ्ट मेला शुरू हो रहा है

मेले में रोजाना विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे साथ ही यहां आने वालों को परांपरागत व्यंजनों का जायका लेने का भी मौका मिलेगा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज नो स्मोकिंग डे पर हनुमानगढ़ में जन जागरूकता रैली निकाली गई इस अवसर पर भरतपुर में भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है झुंझनू के सूरजगढ़ और पिलानी में कल हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है झुंझनूं में आज जिला कलेक्टर ने प्रभावित गांवों का दौर कर पटवारियों और गिरदावरों को दो दिन में नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है आज पिलानी और च्रू में हल्की बारिश दर्ज की गई

उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से वुडकट प्रिंट की कार्यशाला आयोजित की जा रही है